राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद दो दिवसीय यात्रा पर आज शाम गोरखपुर पहुंच रहे हैं श्री कोविंद आज ही शहर के गण्यमान्य व्यक्तियों से मुलाकात करेंगे और कल गुरू गोरक्षनाथ मंदिर में आयोजित महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक सप्ताह समारोह के समापन कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि हिस्सा लेंगे एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता से एयरपोर्ट पर उतरने के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सीधे सर्किट हाउस पहुचंगे जहां वह शहर के चुनिन्दा लोगों से मुलाकात करेंगे

उनके दौरे को देखते हुए सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गये हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राष्ट्रपति की एयरपोर्ट पर आगवानी करेंगे इस अक्सर पर राज्यपाल राम नाईक भी मौजूद रहेंगे

उप राष्ट्रपति एम वैकैया नायडू ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के चुने हए भाषणों के संग्रह लोकतंत्र के स्वर और उसके अंग्रेजी संस्करण दि रिपब्लिकन एथिक का लोकार्पण किया यह संग्रह श्री कोविंद द्वारा पिछले एक वर्ष के उनके कार्यकाल के दौरान दिये गये चुने भाषणों पर आघारित है इस अवसर पर उप राष्ट्रपति ने कहा कि श्री कोविंद ने अपने भाषणों में देश की विक्विता में एकता की परम्परा पर विशेष जोर दिया है उन्होंने अपने अनुभव और ज्ञान के आघार पर महत्वपूर्ण अतंर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय मुद्दों को प्रमावी ढंग से उजागर किया है इन दोनों भाषण संग्रहो में भारत की विविधता जन सेवा का धर्म कानून की भावना भारत में शिक्षा और राष्ट्र प्रहरियों को सम्मान जैसे विषय शामिल है

केन्द्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि भवन निर्माण पूरा होने का प्रमाण पत्र जारी होने के बाद भवनों परिसरों और तैयार फ्लैटों की बिक्री पर कोई जीएसटी नहीं लगता है वित्त मंत्रालय ने कहा है कि जिन निर्माणाधीन सम्पत्तियों या तैयार प्लैटों की बिक्री के समय कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया है उन की बिक्री पर जीएसटी लगेगा मंत्रालय ने जीएसटी लागू होने से पहले और इसके बाद की स्थिति में कर भुगतान के लिए भवन निर्माताओं को मिलने वाले क्रेडिट और कर की प्रमावी दर के बारे में किस्तत सारणी भी जारी की है मंत्रालय ने कहा है कि बिल्डरों को कर में कमी का लाम खरीदारों को भी देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह ने कहा है कि अगले वर्ष लोकसभा चुनाव में लोगों के पास विकल्प है कि वे काम करने वाली सरकार चुनेंगे या कमजोर सरकार

उन्होंने कहा कि देश की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए नोटबंदी का फैसला सही कदम था श्री शाह ने कहा कि इससे बेईमान लोगों का पता लगाने में मदद मिली और बड़ी संख्या में अवैघ धन का मंडाफोड़ हुआ श श श श श श श श संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि तीन अरब नब्बे करोड़ लोग इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं पहली बार ऐसा हथा है जब विश्व की आधी से ज़्यादा आबादी ऑनलाइन हो चुकी है संयुक्त राष्ट्र की सुचना और संचार प्रौद्योगिकी एजेंसी ने बताया है कि इस वर्ष के आखिर तक समूचे विश्व की आबादी के इक्यावन दशमलव दो प्रतिशत लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करने लगेंगे रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की पूरी आबादी के छियान्नबे प्रतिशत लोगों की पहुंच मोबाइल नेटवर्क तक है और नब्बे प्रतिशत लोगों के लिए श्री जी या उससे उच्च गति की इंटरनेट सेवा उपलब्ध है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में आगामी इक्कीस से तेईस जनवरी के बीच होने वाले प्रवासी भारतीय दिवस के सफल आयोजन के लिये समी जरूरी तैयारियां समय पर पूरी करने के लिये अविकारियों को निर्देश दिये हैं लखनऊ में श्री योगी ने वाराणसी के मंडलायुक्त से प्रवासी भारतीय दिवस के लिये की जा रही व्यवस्थाओं की जानकारी ली उन्होंने कहा कि यह आयोजन देश और प्रदेश के लिये बहुत महत्वपूर्ण है इसमें हिस्सा लेने के लिये बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीय वाराणसी पहुंचेंगे इसके मददेनजर शहर की सफाई सुरक्षा प्रकाश और ट्रैफ़िक व्यवस्था पर खास ध्यान दिया जाना चाहिए उन्होंने पूरे शहर में थीम पेंटिंग करवाने के साथ साथ नगर के चौराहों पर भारतीय संगीत और संस्कृति से जुड़े कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिये ताकि आंगत्कों को नगर की संस्कृति की झलक मिल सके इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रयागराज में अगले महीने से शुरू होने वाले क्म की तैयारियों का भी जायजा लिया उन्होंने क्म के मददेनजर पूरी चौकसी बरतने के निर्देश दिये और कहा कि पूरे मेला क्षेत्र और महत्वपूर्ण मार्गो पर सीसी टीवी कैमरे लगाये जाने के साथ साथ प्रभावी सुरक्षा के मद्देनज़र टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल किया जाये युवा कार्य और खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्द्धन राठौड़ ने कहा है कि देश में खेलकूद के लिए माहौल और लोगों की सोच बदल रही है नई दिल्ली में जागरण कॉनक्लेव को संबोधित करते हुए कर्नल राठौड़ ने कहा कि सरकार ने भी इस दिशा में कई कदम उठाये है अब क्रिकेट के ही नहीं बल्कि अन्य खेलों के सितारे भी उमर कर सामने आ रहे हैं उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार ने नये उमरते खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में मौका देने के लिए ओलम्पिक टॉस्क फोर्स का गठन किया है और टार्गेट ओलम्पिक पोडियम नाम की योजना शुरू की है उन्होंने कहा कि निवले स्तर पर ही खेल प्रतिमाओं का पता लगाने के लिए खेलो इंडिया स्कूल खेल का आयोजन किया जा रहा है उन्होंने कहा कि उनका मंत्रालय इस कार्यक्रम में पूरी मदद दे रहा है ताकि खिलाड़ियों को व्यापक स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए तैयार किया जा सके प्रदेश सरकार ने बुलंदशहर जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कृष्ण बहादुर सिंह का तबादला कर दिया है उन्हें पुलिस महानिदेशक कार्यालय में तैनात किया गया है प्रभाकर चौधरी नए पुलिस अवीक्षक होंगे एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता से सयाना के क्षेत्राधिकारी सत्यप्रकाश शर्मा का तबादला पुलिस प्रशिक्षण अकादमी मुरादाबाद में कर दिया गया है जबकि विमरावटी चौकी के प्रभारी सुरेश कुमार का स्थानांतरण ललितपुर जिले में कर दिया गया है यह कार्रवाई पुलिस के अपर महानिदेशक खुफिया एस वी शिरोणकर की पूरी हिंसा के मामले में शासन को रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद की गई है सोमवार को कथित गौ हत्या के बाद षड़की हिंसा के मामले में अबतक क्ल नौ लोगों की गिरफ्तारी की गई है इस बीच ब्रलंदशहर के जिला अधिकारी अनुज क्मार ज्ञा ने इज्तेमा के आयोजकों को नोटिस भेजे जाने संबंधी मीडिया रिपोर्टो के बारे में स्पष्टीकरण दिया है आकाशवाणी से बातचीत में उन्होंने कहा कि यह नोटिस एक और दो दिसंबर को जारी किये गए थे और इनमें सिर्ण धार्मिक आयोजन में प्रस्तावित संख्या से अधिक लोगों के इकठ्ठा होने का जिक्र था सुशील चंद्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ